मुख्यमंत्री ने बताया कि इस रैली से एक लाख से अधिक लोग रैली जुड़े है और अन्य सोशल मीडिया के दूरसे जरियों से भी काफी संख्या में लोग वर्चुअल रैली का हिस्सा बने है म्ख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड़डा द्वारा वर्चुअल रैली की नई पहला पर धन्यवाद किया इस ऑन लाइन रैली में दिल्ली से केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र तोमर राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अनिल जैन केन्द्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया पार्टी के प्रेदश अध्यक्ष सुभाष बराला आदि लोग जुड़े थे रैली के दौरान बताया गया कि एमएसएमई के तहत लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध होने से बाज़ार में तरलता बढ़ेगी और आर्थिक प्रगति होगी

भारतीय जनता पार्टी की आज वर्च्अल रैली में रोहतक से पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हये इसमें हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट़ट ने रोहतक में पार्टी कार्यालय से भाग लिया इस रैली का आयोजन केन्द्र की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने के मौके पर किया गया उधर फरीदाबाद से केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर ने अपने कार्यालय से हरियाणा की पहली वर्चुअल रैली मे हिस्सा लिया जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल शर्मा वरिष्ठ उप महापौर देवेन्द्र चौधरी व अन्य नेताओं ने सोशल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हये भाग लिया

पंचकूला में आज कोरोना के दस नये मामले आमने आये है जिनमें से सात इसी जिले से दो दिल्ली तथा एक पंजाब से नये मरीज है पंचकूला की सिविल सर्जन डा जसजीत कौर ने बताया कि यहा अब सक्रिय केस है

ये दोनो मरीज़ पीजीआई रोहतक में दाखिल थे

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति मे बताया कि मरीज़ों के ठीक होने की दर दर्शाती है कि आधे मरीज़ इस बीमारी से निजात पा चुके है

नोवेल कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए आईसीएमआर की परीक्षण की क्षमता लगातार बढ़ रही है

आज विश्व रक्तदाता दिवस है ये दिन खून दान करने के प्रति जागरूकता लाने सुरक्षित खून एकत्रित करने व रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष का केन्द्रीय विषय सुरक्षित खून सुरक्षित जिदंगी है पूर्व नियोजित ईलाज व आप्रेशन तथा आकस्मिक अवसरों पर मरीज़ को खून की आवश्यक्ता होती है और ये जिदंगी बचाने की आवश्यक जरूरत है जिंदगी और मौत के दौरान रक्तदान की आपूर्ति की जाती है और घायल तथा प्राकृतिक आपदा से पीडित लोगों को सयम पर खून दिये जाने की जरूरत पड़ती है ऐसे में खून की पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में उपलब्ध होनी चाहिए जो रक्तदाताओं के आगे आने से ही संभव है

एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी प्रयासों के साथ साथ कुछ गैर सरकारी संगठन व सामाजिक संस्थान समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन कर लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान के लिए प्रेरित करते रहते हैं

जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वाईएमसीए फरीदाबाद आगामी शैक्षणिक सत्र से पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर विज्ञान विषय के चार नये पाठ्यक्रम शुरू करेगी

आय्ष मंत्री श्रीपद येसो नाईक ने सभी से योग दिवस में भाग लेने की अपील की है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से गुजारिश की है कि इस महीने के मन की बात कार्यक्रम के लिए वे सुझाव भेजें